प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र कल से शिमला में मौसम प्रदेश में पिछले दो दिनों से हो रही भारी वर्षा ने कहर बरपाया है और जानमाल को भारी क्षति हुई है

राजधानी शिमला में क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय के निकट भूस्खलन के कारण एक मकान ढहने से एक ही परिवार की दो लड़कियों व एक महिला की मौत हो गई जबकि एक व्यक्ति घायल हो गया

चम्बा जिले में बंदला पंचायत के लौणा गांव में बीती रात एक मकान पर मलबा गिरने से दो लोगों की मौत हो गई कुल्लू ज़िले में भी वर्षा से जुड़ी घटनाओं में दो लोगों की मौत हो गई सिरमौर जिले में पच्छाद क्षेत्र के डिलमन में भारी वर्षा से डंगा ढहने के कारण एक ट्रक के खाई में लुढ़कने से चालक की मौत हो गई

नालागढ़ में दीवार ढहने व हरिपुर संडोली में भूस्खलन से दो व्यक्तियों की मौत हो गई और सिरसा नदी में एक बच्ची बह गई लाहौल स्पीति जिले के कोकसर बारालाचा और चंद्रताल में बर्फबारी में सैंकड़ों लोग व गाड़ियां फंसी हैं

चंद्रताल में करीब आधा फुट ताज़ा हिमपात हुआ है

कुल्लू ज़िले में ब्यास व पार्वती नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं चम्बा ज़िले में रावी नदी भी उफान पर है चम्बा बस अड्डे का एक बड़ा भाग रावी नदी में धंस गया जिससे मुख्य मार्ग से वाहनों की आवाजाही बंद हो गई चम्बा जिले की पांगी घाटी में सभी बिजली परियोजनाओं में बाढ़ आने से उत्पादन बंद हो गया है जिससे घाटी में बिजली गुल हो गई है और बिजली बहाल करने में तीन चार दिन लग सकते हैं भारी वर्षा को देखते हुए शिमला सोलन सिरमौर कुल्लू बिलासपुर व चम्बा ज़िला प्रशासन ने कल अपने अपने ज़िलों में सभी शिक्षण संस्थान बंद रखने की घोषणा की है शिमला के उपायुक्त अमित कश्यप ने शिमला शहर में खतरा बन चुके पेड़ों को हटाने के निर्देश दिए हैं

भारी वर्षा के चलते ऊना रेल मार्ग पर सभी रेल गाड़ियां रद्द कर दी गई हैं

विधानसभा प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र कल से शिमला में शुरू हो रहा है

उन्होंने विपक्ष से सौहार्दपूर्ण माहौल में सदन की कार्यवाही में भाग लेने की अपील की है दूसरी ओर सत्र पर अपनी रणनीति तैयार करने के लिए विपक्षी दल कांग्रेस की बैठक विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में इस समय शिमला में चल रही है

राज्यपाल राज्यपाल कलराज मिश्र ने आज दिल्ली में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में भर्ती पूर्व केन्द्रीय वित्त मंत्री अरूण जेटली का कुशलक्षेम पूछा राज्यपाल ने उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की सरवीण चौधरी शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी ने आज धर्मशाला में नगर निगम कार्यालय के नए खण्ड का उद्घाटन किया

सरवीण चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार शहरों में वैज्ञानिक विधि से कूड़े कचरे का निष्पादन कर रही है

वीरेन्द्र कंवर ऊना ज़िले में गोबिंद सागर झील में जल्द ही पर्यटन गतिविधियां शुरू की जाएंगी ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने आज थानाकलां में कृटलैड़ पर्यटन विकास सोसायटी की एक बैठक में बताया कि झील में पर्यटन गतिविधियां शुरू करने के लिए बीबीएमबी सहित सभी विभागों से अनापत्ति प्रमाण पत्र मिल गए हैं कुलदीप राठौर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कहा है कि राज्य कांग्रेस मुख्यालय की तर्ज पर सभी ज़िला मुख्यालयों में भी कांग्रेस पार्टी का ध्वज रोजाना फहराया जाएगा उन्होंने कहा कि इससे पार्टी कार्यकर्ताओं में नए जोश का संचार होगा